भोपाल में आज बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुये श्री रावत ने कहा कि चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद ही प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम का फैसला लिया जायेगा इससे पहले आज आयोग के साथ सुबह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक होटल जहांनुमा पैलेस में संपन्न हुई बैठक में कांग्रेस पार्टी के सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग भाकपा के शैलेन्द्र सिंह शैली और आप पार्टी के आलोक अग्रवाल ने अपनी विभिन्न मांगों समस्याओं और सुझाव से संबंधित ज्ञापन श्री रावत को सौपा अब से कुछ देर में श्री रावत कानुन व्यवस्था को लेकर संभागायक्त पुलिस महानिरीक्षक कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे

उनके साथ अन्य अधिकारी भी प्रदेश दौरे पर है आगामी विधान सभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा लिए ये दल आया हुआ है मुख्यमंत्री बैठक भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है

बैठक में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में चल रहे जन कल्याण के कार्यों की समीक्षा के अलावा आगामी लोकसभा चुनावों और तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्रियों की बैठक में सुशासन और गरीबों के हित की नीतियों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह वित्तमंत्री अरूण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद हैं

इस महाकुंभ में प्रदेशभर से पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है उन्होंने बताया कि यह यात्रा पच्चीस सितम्बर के बाद भी जारी रहेगी श्री सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा चुनाव के लिये पूरी तरह तैयार है पार्टी राज्य में भारी बहमत से चौथी बार सरकार बनायेगी

महिला टीम ने कोरिया को हराया वहीं पुरूष स्पर्धा के फाइनल का फैसला शुटआउट में हुआ एशियाड में महिला टीम ने पहली बार रजत पदक जीता हॉकी में भारतीय पुरूष टीम पुलए में श्रीलंका से अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगी उधर बॉक्सिंग में महिलावर्ग के क्वार्टर फाइनल में सोनिया लाठेर और पवित्रा रिंग में होंगी तीरअंदाजी टीम के जीतने पर केन्द्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने टवीट कर बधाई दी स्पर्धा में भारत ने अब तक आठ स्वर्ण सोलह रजत और इक्कीस कांस्य पदक जीते हैं मौसम बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है

राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही रिमझिम फूहारे गिर रही है जबलपुर में हई बारिश से जनजीवन अस्त वस्त हो गया शहर में सड़कों में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नदी नाले उफान पर होने के कारण जबलपुर और नरसिंहपुर मार्ग बंद हो गया है मौसम केन्द्र के अनुसार अभी दो दिन ऐसे ही बारिश होने की संभावना है कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है

कार्यक्रम में पांच हजार से अधिक वॉलेंटियर्स ने पंजीयन कराया है

अपनी विभिन्न लम्बित मांगों को निराकरण को लेकर स्कूल बंद का आहवान किया गया था